उच्चतम न्यायालय ने पंजाब हरियाणा और केन्द्र सरकार को कहा है कि एक मंच पर एक मंच पर एकत्रित होकर सतल्त यम्ना लिंक लिंक नहर के मसले का हल निकाला जाये आज न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायधीश नज़ीर व एम आर शाह की पीठ ने मामले की सुनवाई की

भिवानी जिला के साथ लगते दादरी के गांव ढ़ाणी गंडेशी में एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सत्लज यम्ना लिंक नहर की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में पूरी हो च्की है

उन्होंने कहा कि पंजाब को चाहिए कि वह सतल्ज यम्ना लिंक नहर के निर्माण की अनुमति दें ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके

उन्होंने बताया कि अन्य विवरणों का इंतजार किया जा रहा है क्योकि सीबीआई की कार्रवाई अभी जारी है यह एक सप्ताह में जांच एजेंसी की दूसरी बड़ी कार्रवाई है पिछले मंगलवार सीबीआई ने बैंक घोटाले सम्बधी मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की थी

इस स्टॉक को प्याज की किल्लत के दौरान प्रयोग में लाया जायेगा

मंत्री ने कहा कि प्याज के थोक के भाव में पिछले अक्तूबर से इस साल फरवरी तक गिरावट आई है और मार्च से धीरे धीरे यह मूल्य बढ़ना श्रू हुआ है

लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने सीमा पार से घ्सपैठ को रोकने के लिये बह आयामी दृष्टिकोण अपनाया है उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और निंयत्रण रेखा के साथ बहस्तरीय तैनाती सीमा पर घेराबंदी बेहतर ख्फिया जानकारी और परिचालन समन्वय शामिल है श्री राय ने सदन को यह भी बताया कि सरकार ने सीमा पार से घ्सपैठ के प्रति कोई समझौता नहीं की नीति अपनाई है मंत्री ने बताया कि जम्मू और कश्मीर में स्रक्षों बलों के ठोस और समन्वित प्रयासों के कारण इस साल की पहली छमारीमें सुरक्षा स्थिति में सुधार हआ है केन्द्र सरकार ने कहा है कि पिछले महीने के अंत तक एक करोड़ चौंसठ लाख से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाज़ार मंच पर पंजीकरण कराया है

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि इस मंच पर एक लाख चौबीस हजार व्यापारियों ने पंजीकरण करवाया है

केन्द्र सरकार ने हरियाणा के खादी ग्रामोदयोग को कोयले की खरीदो फरोखत के लिये नोडल एजेंसी बनाया है

एजेंसी दवारा कोयले का वितरण जल्द ही छत्तीसगढ़ से हरियाणा में कर दिया जायेगा उन्होंने बताया कि हरियाणा की फैक्ट्रियों इंडस्ट्री या अन्य किसी भी संसथान यहाँ कोयले की मांग है उसकी आपूर्ति हरियाणा खादी बोर्ड से खरीदेंगे

पत्रकारों से बातचीत करते हये विधायक ज्ञान चंद ग्प्ता ने बताया कि निफ्ट के भवन का निर्माण का कार्य प्रगति पर है

उन्होने कहा की इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेल मंत्री सहित अनेक अधिकारी भाग लेंगे यहां पर रेलवे में किए गए उत्कृष्ट कार्यो के लिए अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाएगा देश में विद्युतीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है अच्छे काम करने वालों का यहां पर सम्मानित किया जाएगा इसी प्रकार सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट रहने वालों को भी सम्मानित किया जाएगा उन्होने बताया की इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज हम एस डी कॉलेज को देखने के लिए आंए है यहीं पर एक विशाल प्रर्दशनी भी लगाई जाएगी आज पंजाब हरियाणा और चंडीगढ में कई स्थानों पर हई बारिश से लोगों को गर्मी और आर्द्र मौसम से राहत मिली

चंडीगढ़ के अलावा इसके क्षेत्रों मोहाली खरड़ और जीरकप्र मे भी बारिश हुई हालांकि तेज़ बारिश के कारण केन्द्र शासित प्रदेश और इसके आस पास के क्षेत्रों में सड़को पर जल भराव हो गया जिसके कारण लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा